सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी के स्थान पर राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया गया है उन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है स्मृति ईरानी अब केवल कपड़ा मंत्रालय ही देखेंगी राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली की खराब सेहत को देखते हुए रेल मंत्री पियूष गोयल को वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सेमिनार इलैक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा पद्धति पर राष्ट्रीय सेमिनार कल चंबा में शुरू हुआ

संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि सेमिनार का उद्देश्य जड़ी बूटियों पर आधारित होमोपैथी चिकित्सा पद्धति की बारीकियों पर विचार साझा करना है उन्होंने कहा कि इस पद्धति से कई आसाध्य रोगों का उपचार किया जा रहा है

प्रतिनिधिमंडल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रूसा के तहत सीबीसीएस और सेमेस्टर प्रणाली समस्याएं अनुगामी सुधार व उपाय विषय पर हुई चर्चा के सुझावों की रिपोर्ट कल शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को सौंपी परिषद ने इस वर्ष से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त कर वार्षिक प्रणाली को लागू करने की मांग की है शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय में गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगें

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है पिछले दिनों अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आयुष्मान भारत में शामिल हुआ हिमाचल हिमाचल दस्तक के मुताबिक सबसे बड़े हेल्थ बीमा कवर पर हस्ताक्षर अजीत समाचार के अनुसार आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दैनिक भास्कर का कहना है नड्डा के सामने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने साईन नहीं किया एमओयू कहा पहले से पॉलिसी

हाईकोर्ट से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है शिमला कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर निर्माण से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर चलेगा केस अमर उजाला का कहना है हाईवे किनारे अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त मांगे अफसरों कर्मचारियों के नाम दैनिक जागरण के शब्द हैं एनएच किनारे निर्माण के ज़िम्मेदार अफसरों के नाम बताएं दैनिक भास्कर की सुर्खी है उन अफसरों के नाम बताएं जिन्होंने कब्जे कराए

इसी पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल के पांच दवा उद्योगों के लाईसेंस सस्पेंड हिमाचल दस्तक की एक खबर है बारहवीं के साईंस टॉपर को एक लाख देगी सरकार

जबकि दैनिक न्यायसेत् के शब्द हैं आरोपी पुलिसकर्मियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय संसाधनों का दुरुपयोग में लिखता है कि इसे रोकने के लिये ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिन्होंने ऐसा लापरवाही भरा रवैया अपनाया और प्रदेश के राजस्व को हानि पहुंचाई दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय सामुदायिक सेवा में उद्योग जगत में लिखा है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापारिक औद्योगिक घरानों का सहयोग प्राप्त किया जाए तो गुणात्मक दृष्टि से वांछित ढांचा विकसित होगा